संक्रमित लोगों में से लगभग बावन प्रतिशत स्वस्थ हुए

प्रदेश में कैमूर रोहतास बक्सर भोजपुर गया औरंगाबाद सारण सिवान गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिलों को अलर्ट किया गया राज्य में क्वारेंटीन सेंटर की तर्ज पर बनाये जायेंगे बाढ़ राहत केन्द्र

प्रदेश में अब तक दो हजार नौ सौ चौंतीस संक्रमित मरीज स्वस्थ्य होकर अपने घर लौट चुके हैं स्वस्थ्य होने वाले मरीजों की दर लगभग बावन प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में दो सौ तैंतालीस नये मामलों की पूष्टि के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या पांच हजार छह सौ अंठानवे हो गयी है इसमें सक्रिय मरीजों की संख्या दो हजार छह सौ चौदह है वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या चौंतीस हो गयी है कल सबसे अधिक पचपन नये कोरोना संक्रमितों की पहचान पूर्णिया जिले में हुई जबकि मधुबनी में बीस भोजपुर और सारण में उन्नीस उन्नीस भागलपुर में सोलह और मुंगेर जिले में तेरह नये संक्रमित मिलें अनलॉक वन के बाद प्रदेश में प्रतिदिन दो सौ से अधिक नये मरीजों की पहचान हो रही है एक दिन में कल सबसे अधिक दो सौ तैंतालीस मरीजों की पहचान हुई जबकि इससे पहले एकतीस मई को एक दिन में सबसे अधिक दो सौ बयालीस मरीजों की पहचान हुई थी प्रदेश में अब तक चौदह लाख उनतीस हजार से अधिक लोग क्वारेंटाईन अवधि पूरी करने के बाद अपने घर लौट चुके हैं जबकि तिरानवे हजार प्रवासी कामगार क्वारेंटीन सेंटरों पर रह रहे हैं अभी कुल एकतालीस हजार क्वारेटाईन सेंटर कार्यरत है राज्य सरकार लॉक डाउन अवधि के दौरान कोरोना से राहत और बचाव पर आठ हजार पांच सौ अड़तीस करोड़ खर्च कर चुके हैं इसमें सात सौ तीस करोड़ रूपये फसल क्षति अनुदान के रूप में जबकि एक सौ अस्सी करोड़ रूपये स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च हुए हैं मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत इक्कीस लाख से अधिक लाभांवितों के बैंक खातों में एक एक हजार रूपये भेजे जा चुके हैं प्रदेश में लॉक डाउन अवधि के दौरान पांच करोड़ उनासी लाख मानव कार्य दिवस सृजित किये गये उधर पटना में तेईस नये कनटेंमेंट जोन बनाये गये हैं इन जोनों में एक हजार आठ सौ घर प्रभावित है पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि जिले में कुल अड़तीस कनटेंमेंट जोन घोषित किये जा चुके हैं इन इलाकों में अनलॉक वन के तहत मिली छूट वापस ले ली गयी है और अन्य गतिविधियां भी रोक दी गयी है इन जोनों में नोडल अधिकारी भी पदस्थापित किये गये हैं स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि अब कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच अस्पताल में लाकर नहीं बल्कि उनके घर पर ही सैंपल कलेक्शन के लिए टीम भेजी जायेगी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत ने जिलाधिकारियों और सिविल सर्जनों को इस संबंध में निर्देश भेज दिया है उन्होंने कहा कि जांच पॉजिटिव आने पर व्यक्तियों को आईसोलेशन वार्ड में रखा जायेगा केन्द्रीय विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि समय से लिए गए लॉकडाउन के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्णय ने देश में कोविड उन्नीस महामारी के फैलाव को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित पन्द्रह देशों में तकरीबन चार लाख चार हजार तीन सौ छियानवे लोगों की मृत्यु हुई है जबकि भारत में कोरोना वायरस से मात्र सात हजार सात सौ पैंतालीस लोग मारे गए हैं श्री प्रसाद ने कहा कि बड़ी आबादी के बावजूद भारत महामारी को नियंत्रित करने में सफल रहा है

आज की तारीख तक दिन में कोई एक लाख चालीस हजार टैस्ट हो रहे हैं दूसरा आईसीएमआर की कृछ ट्रायल्स चल रही हैं कई रिपर्पज ड्रम्स भी रीपर्पज प्लाज्मा पेजेज का हम लोग देख रहे हैं कि इससे कुछ फायदा होता है कि नहीं फायदा होता है तीसरा हम अनुसंधान कर रहे हैं कुछ वैक्सीन के डेवलप्मेंट में और चौथा हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं मोनोफोनल एंटी बॉडीज में और हॉर्सिरा में भी कुछ एंडी बॉडीज यदि हम कुछ पा सकते हैं इन सब क्षेत्रों में अनुसंधान हो रहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सीजीएचएस पैनल में शामिल और राज्य सरकारों द्वारा कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित सभी अस्पतालों को आदेश दिया है कि सीजीएचएस लाभार्थियों को कोविड संबंधी उपचार उपलब्ध करायें सीजीएचएस पैनल में शामिल जो अस्पताल कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित नहीं है वो भी सीजीएचएस लाभार्थियों को उपचार या भर्ती करने से मना नहीं कर सकेंगे ऐसे अस्पतालों को सभी अन्य उपचार के लिए सीजीएचएस नियमों का पालन करते हुए शुल्क वसूलने होंगे दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई होगी आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद संयुक्त रुप से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के पिछले संस्करण में इसकी घोषणा की थी

इस प्रतियोगिता में चाग लेने के लिये प्रतिमागियों को तीन मिनट का वीडियो बनाना रोगा जिसमें योगासन से रोने वाले लाम का भी जिक्र रो इसके बाद इस वीडियो को आयुष मंत्रालय देश का नाम और माई लाइड माई योगा को हैराटैग कर ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड करना होगा

साथ श्री उन्हें ट्रॉफी और प्रमाण पत्र मी दिया जायेगा आनन्द कुमार आकासवाणी समाचार दिल्ली

कई कार्यक्रम इसके उपर हमने रखे हुए हैं एक जो वीडियो वाली स्फर्धा हमने रखी हुई है यो योग करते हुए एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्डिंग करके ब्लॉग वहां भेज देगा और योग के बारे में क्या फायदे हैं जो बतायेगा उसको हमने एक लाख का प्राइज रखा हुआ है तो योगा को प्रमोट करने का यह काम है मैं सनी को अपील करूंगा कि जहां आप होंगे इंटरनेशनल योगा ढे वहीं मनाइये और इस प्रतियोगिता में शामिल होकर योगा ढे में आप सम्मिलित हो जाइये इधर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि लोग इस प्रतियोगिता में उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं प्रदेश में क्वारेंटीन सेंटर की तर्ज पर बाढ़ राहत केन्द्र भी बनाये जायेंगे इन राहत केन्द्रों में मास्क और सेनेटाइजिंग की व्यवस्था भी होगी मूख्य सचिव दीपक कुमार ने बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के बीच बाढ़ आ जाये तो लोगों को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जायेगी और सोशल डिस्टेनसिंग का पालन किया जायेगा आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश भेज दिया है फसलों को न्कसान पहंचाने वाले टिड़डी दल के प्रयागराज पहचने के बाद प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गयी है इसको लेकर सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर सीआईपीएम ने उत्तर प्रदेश से लगे कैमूर रोहतास बक्सर भोजपुर गया औरंगाबाद सारण सिवान गोपालगंज और पश्चिम चंपारण के लिए एडवाइजरी जारी कर दिया है कृषि सचिव डॉक्टर एन श्रवण क्मार ने कहा कि पौधा संरक्षण निदेशालय के सभी अधिकारियों की छ्टिटयां रद्द कर दी गयी है इसको लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है साथ ही इन जिलों के कृषि अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है प्रदेश में आज से मौसम में बदलाव के साथ प्रदेश के विभिन्न भागों में बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग ने चौदह जून तक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा में बने साइक्लोनिक सर्क्लेशन बिहार झारखंड के ऊपर आपस में मिल गये हैं इस कारण प्रदेश में बारिश की संभावना है यह स्थिति दो दिनों तक बनी रहेगी इसके बाद शनिवार और रविवार को मॉनसून के प्रभाव के कारण पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना है प्रदेश में मॉनसून की पहली बारिश पूर्णिया के इलाके में होने की संभावना है क्योंकि मॉनसून का प्रवेश उसी इलाके से होगा पटना स्थित गांधी मैदान कल से मार्निंग वॉकर और आम लोगों के लिए खोल दिया जायेगा सूबह पांच से दस बजे तक मार्निंग वॉकर के लिए और दोपहर तीन से शाम छह बजे तक आम लोगों के लिए खोला जायेगा पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि बिना मास्क के गांधी मैदान में प्रवेश की अन्मति नहीं होगी एनआईए ने कोचीन शिपयार्ड में निर्माण कार्य के दौरान भारतीय यूद्धपोत आईएनएस विक्रांत से कम्प्यूटर हार्डवेयर चूराने के आरोप में मुंगेर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है एनआईए के सूत्रों ने बताया कि इस मामले में मुंगेर के अलावा राजस्थान से भी दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है एन एच दो पर रोहतास जिले के खुर्माबाद से पखनारी तक दोनों लेनों पर कल भीषण जाम लग गया जिससे करीब बीस किलोमीटर तक हजारों वाहन फंसे रहे इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा प्रदेश के पहले पश् विश्वविद्यालय में बर्ड फ्लू और स्वाईन फ्लू की जांच का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है केन्द्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इन बीमारियों की जांच विश्वविद्यालय में संभव हो सकेगी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 हिन्दुस्तान ने खुदरा कारोबार से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है बिहार में नकदी की शर्त पर खुदरा कारोबार पर संकट अखबार ने कहा है कि बाजार खुलने के बाद भी सप्लाई चेन दुरूस्त नहीं हुआ है इसका असर कारोबार पर पड़ रहा है दैनिक जागरण ने भारत और चीन के बीच गतिरोध की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है नहीं बनी बात जारी रहेगी वार्ता प्रभात खबर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रमुखता देते हुए शीर्षक बनाया है आम्रपाली के फ्लैट खरीददारों का शेष लोन जारी करे बैंक दैनिक भास्कर ने राम मंदिर निर्माण से जुड़ी खबर को प्रमुखता से छापते हुए लिखा है मंदिर निर्माण में बाधा न आये इसलिए अयोध्या में अट्ठाइस साल बाद रूद्राभिषेक भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजा

संक्रमित लोगों में से लगभग बावन प्रतिशत स्वस्थ हुए

प्रदेश में कैमूर रोहतास बक्सर भोजपुर गया औरंगाबाद सारण सिवान गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिलों को अलर्ट किया गया राज्य में क्वारेंटीन सेंटर की तर्ज पर बनाये जायेंगे बाढ़ राहत केन्द्र